सीएम राहत कोष मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को बाहर से आने वाले लोगों की मदद करने और क्वारंटीन सेन्टरों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इसके लिये धनराशि की कमी नहीं होने दी जायेगी

उन्होनें कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी से निपटने के लिए जरूरी धनराशि उपलब्ध करायी गई है

उत्तराखंड और उतर प्रदेश का यह सबसे बड़ा कोविड सेंटर होगा

कंभ मेला आईजी संजय ग्ंज्याल के नेतृत्व में बनाए जा रहे इस सेंटर को कंभ मेले से ज्ड़े प्लिस कर्मचारी और एस डी आर एफ के जवान तष्ठार कर रहे हैं अन्य सेंटरों की भांति इस सेंटर में भी मरीजों को आइसोलेट करने के साथ साथ उनको अन्य स्विधाएं भी प्रदान की जाएंगी

देहरादन के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस कोविड सेंटर में खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई हण सभी के खाने पीने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी उत्तम फ्यसिलिटी वाले इस कोविड सेंटर में न केवल मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा बल्कि उनकी इम्युनिटी बढ़ाने के लिए योगा और मेडिटेशन भी कराया जाएगा यह इतना बड़ा हाकि इसको जोन में बांटा गया है हर जोन में बरिकेडिंग की गई हम कोरोनिल दवाइ लॉन्च हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने कोरोना बीमारी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया हथा इस दवाई को कोरोनिल नाम दिया गया हथा आज पतंजलि योगपीठ में इसका लोकार्पण किया गया बाबा रामदेव का दावा हा कि कोरोनिल आय्र्वेदिक दवा से कोरोना को ठीक किया जा सकता है उनका कहना है कि रिसर्च के बाद क्लिनिकल ट्रायल किए गए उन्होंने बताया कि मरीजों को इस दवाई से फायदा हआ है

कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉमोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है

उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है धनराशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी

उन्होंने कहा कि सक्ष्पल प्रक्रिया का शतप्रतिशत अन्पालन किया जाये ताकि एक भी स्क्रपल रिजेक्ट न हो

लब्रोरेट्री स्तर पर इस वेन्टिलेटर का कई बार टेस्ट हो चुका हा अब एम्स ऋषिकेश ने भी इसकी प्रमाणिकता पर मुहर लगा दी है एम्स निदेशक पदमश्री प्रोफेसर रविकान्त ने परीक्षण की सफलता पर टीम के सभी चिकित्सकों को बधाई दी आरटीओ लॉकडाउन के बाद आज से उतराखंड परिवहन विभाग में वाहनों से जुड़े कार्य शुरू हो गए हैं परिवहन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया ह जिस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा

परिवहन अधिकारी दिनेश चंद पठोई ने लोगों से अपील की ह कि आरटीओ कार्यालय में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश न करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे

उन्होंने कहा कि आज क्माऊं मंडल में मॉनसून दस्तक दे सकता है

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर श्रदधासुमन अर्पित किए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता को समर्पित रहा वे अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटे उन्होंने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद म्खर्जी अखंड औरएक भारत के लिए कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाना चाहते थे उन्होंने एक देश एक विधान पर हमेशा से बल दिया

इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं दवारा संकल्प पत्र पढ़कर राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी अपनाने की प्रतिज्ञा भी ली गई वैली ब्रिज पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला एकमात्र वक्षी ब्रिज ढह गया है पृल के ढहने से सीमा पर आवाजाही ठप हो गयी है बताया जा रहा हा कि सड़क निर्माण के लिए एक वाहन पोकलैंड मशीन को लेकर वक्षी पुल को पार कर मिलम घाटी की ओर जा रहा था मुनस्यारी के तहसीलदार डीएस जोशी के म्ताबिक मशीन के भारी वजन से प्ल टूट गया साथ ही वाहन और पोकलैंड मशीन नीचे बह रही नदी में समा गए इस घटना में वाहन चालक और परिचालक भी घायल हो गये दोनों को मुनस्यारी अस्पताल में भर्ती कराया गया हण मिलम घाटी के लिए यह एकमात्र वक्षी पुल था

इस सड़क को अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इस मार्ग को सीमा सड़क संगठन की निगरानी में तष्ठार किया जा रहा है